राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रदेश के तीन दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंचेंगे

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की उपलब्धि न सिर्फ भारत के लिए बल्कि समूची मानवता के लिए लामदायक है इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वामिमान और बलिदान की परंपरायों को अगली पीड़ी को भी सिखाता है संस्कारित करता है उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है

प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव के संबंध में विमिन्न गतिविधियों के शुभारंभ और गुजरात में साबरमती आश्रम से दांडी तक की पदयात्रा के शुरूआत के अवसर पर जनसमूह को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम आजाद भारत के इस एतिहासिक कालखण्ड के शाक्षी बन रहे हैं आज दांजी यात्रा की वर्षगांठ पर हम बापू की इस कर्मस्थली पर इतिहास बनते भी देख रहे हैं और इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि देश की स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं वर्षगांठ का मतलब पचहत्त विचार पचहत्तर उपलब्धियां और पचहत्तर कार्यो तथा संकल्पों से है जो हमें स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव संबंधी देशव्यापी समारोहों में जन भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी प्रधानमंत्री ने इस संबंध में आजादी का अमृत महोत्सव के लिए विशेष वेबसाइट की भी शुरूआत की लोग और विशेष रूप से युवा इस वेबसाइट पर आजादी का अमृत महोत्सव के बारे में वीडियो और फोटो शेयर कर सकते हैं इस अवसर पर केन्द्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव जन आंदोलन होगा जिसे भारत के लोग चलाएंगे भारत की आज़ादी की पचहत्तरवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रदेश में कल विमिन्न स्थानों पर अमृत महोत्सव के श्मारम्भ अवसर पर विविध कार्यक्रम आयोजित किये गये इस अवसर पर मुख्य समारोह प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों लखनऊ के काकोरी शहीद स्मारक मेरठ के स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय बलिया के शहीद स्मारक और झांसी में ऐतिहासिक झांसी का किला एवं पंडित दीनदयाल सभागार में धूम्धाम से मनाया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में काकोरी शहीद स्मारक में भारत की आज़ादी के पचहत्तर साल पूरे होने के अवसर पर अमृत महोत्सव का शुभारम्म किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आन्दोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों पर राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वह अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदारी से कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पच्चीस वर्ष की उस कार्ययोजना को मूर्त रूप दें जिससे कि वर्ष दो हजार सैतालीस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो सके

बसी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अहमदाबाद में दिए गए भाषण को सुनने के लिए ईकडा हुए जिसके लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई थी शहीदों को पुष्पांजलि देते हुए पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रीय धुन बजाए जाने के साथ ही तिरंगे गुबारे उड़ाकर आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई दांडी मार्च को याद करते हुए विभिन्न स्थानों पर साईकिल रैलियां भी निकाली गई सुशील चंद तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ आज़ादी का अमृत महोत्सव क्रांतिकारियों की भूमि मेरठ में ध्रमधाम से मनाया गया

शहीद स्मारक पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए केंद्रीय मंत्री डॉ संजीव कृमार बालियान व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया

संगीता श्रीवास्तव आकाशवाणी समाचार मेरठ झांसी के ध्यानचंद स्टेडियम से कल अमृत महोत्सव की शुरूआत साईकिल यात्रा से हुई जो झांसी रानी के किले पर जाकर सम्पन्न हुई ग्रामीण विकास मंत्री मोती सिंह ने आजादी की पचहत्तरवीं वर्षगाठ के प्रतीक पचहत्तर गुब्बारे उड़ाकर वर्षगाठ का श्मारम्म किया इसके बाद पंडित दीनदयाल सभागार से आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्च्अल माध्यम से किया बलिया में आज़ादी का अमृत महोत्सव पर देशभक्ति पर आधारित विविध कार्यक्रम आयोजित किये गये बलिया के शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बलिया की अहम भूमिका रही है प्रदेश सरकार की ओर से समी पचहत्तर जिलों में भी अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इसका उददेश्य लोगों को कांतिकारियों द्वारा किये गये त्याग और बलिदान से अवगत कराना है राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद प्रदेश के तीन दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंचेंगे कल राष्ट्रपति सोनमद्र जिले के चपकी का दौरा करेंगे वहां पर वनवासी समागम और सेवा कृंज आश्रम के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे श्री कोविंद यात्रा के दौरान दैनिक जागरण मंच द्वारा वाराणसी में किए जा रहे गंगा पर्यावरण और भारत की संस्कृति के विषय पर आयोजित उदघाटन सत्र को भी संबोधित करेंगे हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपराह पौराणिक नगरी काशी पहुंच ने बाद बाबा विस्वनाथ मंदिर में दर्शन प्रजन करेंगे उसके बाद शामको वे मोबदापिनी मां गंगा के तट स्थित दशाश्वमेष घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आस्ती के साक्षी बनेंगे कल रविवार को राट्रपति सोनभद्र जनपद के छपकी में बनवासी समागम कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहां सेवा कुंज आश्रम की नवनिर्भित इमारत का लोकार्पण करेंगे राष्ट्रपति का कल अपराह मिर्जापुर जनपद में पहुंच कर मां विध्यवासिनी देवी के दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम है अपनी यात्रा के तीसरे दिन सोमवार को राष्ट्रपति मीडिया हाउस जागरण फोरम द्वारा आयोजित गंगा पर्यावरण और भारतीय संस्कृतिर पर कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र समारोह में शामिल होंगे आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मैं मुल्तान सिंह यादव प्रदेश की राज्यपाल और कुलाधिपति आनन्दीबेन पटेल ने कल आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज और डॉक्टर राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के दीक्षांत समारोह में मेधार्वीओं को गोल्ड मेडल प्रदान किया अपने संबोधन के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आजादी के पचहत्तर वर्ष पूरे हुए हैं और देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने भी अपने संबोधन में कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत हम रोजगार परक शिक्षा भी दे रहे हैं उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्री राम विश्वविद्यालय बनाने की योजना बन रही है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना संक्रमण के एक सौ सड़सठ नये मामले सामने आये हैं वहीं एक हजार आठ सौ उन्नीस कोरोना के एक्टिव मामले हैं प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कल चार हजार से अधिक केन्द्रों पर दोपहर दो बजे तक एक लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे एक दिवसीय मैच में भारत को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर छ रन से हरा दिया है